इससे पहले राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने के राज्य सरकार के तीन प्रस्ताव ठकरा दिए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज विधायक दल की बैठक लेंगे जिसमें आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति बनाई जाएगी राजनीतिक घटनाकम की कड़ी में आज राजस्थान उच्च न्यायालय बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर ने दायर की है बहजन समाज पार्टी ने भी इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी है न्यायालय श्री दिलावर और बहुजन समाज पार्टी की याचिका पर संयुक्त रूप से विचार करेगा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

स्वतंत्रता दिवस समारोहों को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखकर तथा स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करते हए मनाया जा सकता है

कंटेनमेंट क्षेत्रों में गतिविधियां राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा तय की जाएंगी और उनका कड़ाई से पालन कराया जाएगा

मुख्य सचिव ने कल जयपुर में आयोजित बैठक में कोरोना महामारी की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए

इसी कड़ी में केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं का आधारभूत ढांचा तैयार करने से स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है जम्मू कश्मीर में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार प्रशासन की प्राथमिकता रही है इस दिशा में सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं इस साल जनवरी तक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत तीस करोड़ से अधिक की राशि के चिकित्सा दावों का निपटान किया गया

इसमें उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए एकल विनियामक बनाने डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने और बीच में पढ़ाई छोड़ने एमफिल पाठ्यक्रमों को समाप्त करने बोर्ड परीक्षाओं को ज्यादा महत्व न देने विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजन जैसी प्रमुख बातों को शामिल किया गया है

वहीं स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव अनिता करवाल ने बताया कि स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा और इसमें मूलधारणाओं को ज्यादा महत्व दिया जाएगा